नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद जवाबी कार्रवाई में पांच पाकिस्तानी सैनिक मारे गये

जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के मेमंढर में आज तड़के से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही है सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि सेना सीआरपीएफ और पुलिस के संयुक्त दल ने क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और खोजबीन शुरू की सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज होने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी माना जा रहा है कि वहां दो से तीन आतंकवादी छिपे हैं क्षेत्र में रुक रुक कर गोलीबारी जारी है अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है इधर पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर भारी गोलीबारी की खबर है रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की पांच अग्रिम चौकियों को नष्ट कर दिया गया है वहीं पांच पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये बिहार में नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गयी है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हीं अभ्यर्थियों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम है पांच एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि या एक हजार वर्गफीट से अधिक के आवासीय फ्लैट अधिसूचित नगरपालिका के अधीन एक सौ वर्ग गज का आवासीय भूखंड तथा नगरपालिका क्षेत्रों से अलग दो सौ वर्ग गज आवासीय भूखंड वालों को इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को आपसी सहमति से निपटाने का एक और प्रयास किया जाना चाहिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह इस मामले को न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के जरिये निपटाने के बारे में आदेश अगले महीने की पांच तारीख को सुनायेगी न्यायालय ने कहा कि वह मुख्य मामले की सुनवाई आठ सप्ताह बाद करेगी चुनाव आयोग ने प्रदेश के हर मतदान कोन्द्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है आयोग के निर्देश के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है इसके साथ ही आयोग ने चुनाव के दौरान उपयोग किये जाने वाले सभी वाहनों को जीपीआरएस सिस्टम से लैस करने का भी निर्देश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद बक्सर जमुई और मुंगेर नये पावर स्टेशन बनाये जाने की घोषणा की है श्री कुमार पटना में ऊर्जा विभाग की लगभग एक हजार सात करोड़ रुपये की योजनाओं के कार्यारंभ और उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पटना के गुलजारबाग और गर्दनीबाग में भी नये पावर सब स्टेशनों का निर्माण किया जायेगा पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में रेलवे में बगैर किसी परीक्षा और इंटरव्यू दिये ही बहाल किये गये तीन सौ से अधिक कर्मियों की नियुक्ति की सीबीआई ने नये सिरे से जांच शुरू कर दी है इनमें से एक सौ सड़सठ कर्मी बिहार के हैं पहले चरण में राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेलवे में इसकी जांच शुरू की गयी है पटना स्थित निगरानी की एक विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में बेतिया के तत्कालीन अपर समाहर्ता रंजीत प्रसाद सिंह को चार साल कारावास और बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है दोषी अधिकारी को वर्ष दो हजार सोलह में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली के लिए एक अभ्यर्थी के रिश्तेदार से दस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में देर रात से रूक रूक कर हल्की बारिश हो रही है राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बारिश के कारण खेतों में लगी खड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ है इधर मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के दौरान नालंदा शेखपुरा अरवल जहानाबाद और पटना में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है राज्यपाल लालजी टंडन ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में राजभवन की ओर से ग्यारह लाख रुपये दिये जाने की घोषणा की है श्री टंडन ने कोष में सभी विश्वविद्यालयों सरकारी गैर सरकारी संगठनों विभागों और शिक्षण संस्थाओं से राशि जमा करने की अपील की है मैट्रिक परीक्षा के पांचवें दिन कल प्रदेश भर से बाईस परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया सबसे अधिक जमुई से नौ परीक्षार्थी निष्कासित किये गये इसके अलावा प्रदेश भर से तेरह फर्जी अभ्यर्थियों को दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया शिक्षा विभाग ने छह जिलों की सतासी पंचायतों में एक एक मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने को मंजूरी दे दी है ये विद्यालय औरंगाबाद लखीसराय मधुबनी सुपौल कैमूर जहानाबाद खगड़िया और पूर्णियां जिलों के हैं प्रदेश के सभी अनुमंडल स्थित एक सौ दो कौशल विकास केन्द्रों पर जीएसटी और टैली की पढ़ाई होगी श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के लिये इंटरमीडिएट उत्तीर्ण युवाओं को प्रवेश मिलेगा नामांकन के लिये प्रवेश परीक्षा ली जायेगी बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने पटना स्थित दो उद्योगों की बीस बीस लाख रूपये की सुरक्षित राशि को जब्त कर लिया है इन उद्योगों पर द्रषित पानी को बगैर उपचारित किये बहाव करने का आरोप है गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के बरौली सीवान मुख्य पथ पर पुलिस ने छापेमारी कर दो अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है जमुई जिले के नेहालडीह गांव निवासी कुख्यात नक्सली कमांडर सिद्धू कोड़ा के घर की पुलिस ने कुर्की जब्ती की पुलिस ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न्यायालय ने उसके विरुद्ध क्र्की जब्ती का वारंट जारी किया था राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने पटना रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस के ब्रैकवान से तैंतीस लाख रूपये मूल्य का विदेशी सिगरेट जब्त किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों को ध्वस्त किये जाने से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है दैनिक भास्कर ने लिखा है एयरफोर्स ने अड़तालीस साल बाद पाकिस्तान की सरहद लांघी आतंकी अड्डा तबाह हिन्दुस्तान लिखता है भारतीय हमले से जैश की कमर टूटी प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रकाशित करते हुए है लिखा है सेना के हाथों में भारत सुरक्षित देश से ऊपर कुछ भी नहीं राष्ट्रीय सहारा लिखता है आतंक के खिलाफ लड़ाई में सभी सरकार के साथ आज की सुर्खी है पाक ने एलओसी पर की गोलीबारी पांच जवान जख्मी दैनिक जागरण लिखता है मध्यस्थता से सुलझाये अयोध्या विवाद का मसला सुप्रीम कोर्ट

नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद जवाबी कार्रवाई में पांच पाकिस्तानी सैनिक मारे गये